मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा को

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इन चुनावों में मतदान के लिए नयी वी वी पैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है

साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी नहीं किया जा सकेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अजमेर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस एक परिवार तक ही सीमित रही और उसने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की जबकि भाजपा हमेशा आमजन के कल्याण के लिए समर्पित रही

श्री मोदी ने कहा कि कोन्द्र सरकार ने फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों से किया अपना वादा पूरा किया है

उन्होंने बताया कि इस बारे में कल आदेश जारी कर दिए गए हैं